उन्होंने कहा कि जीएसटी सहकारी संघवाद का अच्छा उदाहरण है उन्होंने इसे लागू करने में सहयोग देने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रति आभार व्यक्त किया सूत्रों ने कहा है कि कर दरों को तर्क संगत बनाने के लिए कम राजस्व वाली कुछ वस्तुओं की जी एसटी दरों में कटौती पर विचार किया जा सकता है जिनमें सेनेट्री नैपकिन हस्तकला और हथकरघा की वस्तुएं शामिल हो सकती हैं

प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के समापन समारोह में उन्होंने कार्यकर्ताओँ से कहा कि सभी को मिलकर अपनी मेहनत से आगामी चुनाव में भाजपा को एक बार फिर जीताना है

केंद्रीय सूचना प्रसारण खेल और युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य गजेन्द्र सिंह शेखावत सीआरचौधरी भी इस बैठक में शामिल हुए इस मौके पर कर्नल राठौड़ ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नई राजनीति लेकर आए हैं जिसे लम्बे दौर तक चलाएंगे

अप्रैल में पॉक्सो एक्ट में बदलाव के बाद सजा सुनाये जाने का प्रदेश का यह पहला मामला है

पुलिस के अनुसार रामगढ क्षेत्र के अलावडा लालवंडी मार्ग पर गौतस्करी के शक में कुछ लोगों ने कल एक व्यक्ति को पीट पीट कर घायल कर दिया अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई

इस कार्यकम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

प्रशासन ने पोषाहार की जांच के निर्देश दिए हैं